उन्होंने राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्रदान किए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कोरोना महामारी ने संकटकाल में चुनौतियों के साथ अवसर भी प्रदान किये उन्होंने संक्रमण काल में मानवता की सेवा के लिए सभी का किया आह्वान रेलवे बारह सितंबर से अस्सी नई यात्री रेलगाडियां चलाएगा

इस अवसर पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने देश के सर्वश्रेष्ठ सैंतालिस शिक्षकों को उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किए इस अवसर पर उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ये पुरस्कार प्रदान करने के बाद कहा कि शिक्षक वास्तविक राष्ट्र निर्माता हैं शिक्षक बच्चों के चरित्र निर्माण का आधार तैयार करते हैं ताकि वे देश के जागरूक नागरिक बन सकें तक्षशिला विश्वविद्यालय की जब भी चर्चा होती है तो सबसे पहले आचार्यगुप्ता या चाणक्य ही याद आते हैं जो पहले वहां छात्र थे और बाद में वहीं प्राचार्य बने शिक्षक ही सच्चेच राष्ट्र निर्माता है जो प्रबुद्ध नागरिकों का विकास करने के लिए चरित्र निर्माण की मजबूत नीव हमारे बेटे बेटियों में डालते हैं शिक्षक की वास्त्विक सफलता है विद्यार्थी को अच्छार इंसान बनाना जो तर्कसंगत विचार और कार्य करने में सक्षम हो श्री कोविंद ने कहा कि नई शिक्षा नीति के अनुसार योग्य शिक्षकों के लिए हर संभव कदम उठाए जाने की आवश्यकता है राष्ट्रपति ने कहा कि नई शिक्षा नीति हमारे बच्चों को भविष्य की जरूरतों के लिए तैयार करने का प्रयास है राष्ट्रपति ने कहा कि राष्ट्रीय पुरस्कार विजेताओं में लगभग चालीस प्रतिशत महिलाए हैं उन्होंने शिक्षा प्रदाता के रूप में महिलाओं की भूमिका की प्रशंसा की इस अवसर पर शिक्षामंत्री रमेश पोखरियल निशंक और शिक्षा राज्य मंत्री संजय धोत्रे भी उपस्थित थे राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति प्रधानमंत्री गृहमंत्री सूचना और प्रसारण मंत्री ने भी शिक्षक दिवस के अवसर पर शुभकामनाएं और बघाई दी हैं एक ट्वीट में प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कहा है कि देश परिश्रमी शिक्षकों के योगदान के लिए उनके प्रति कृतज्ञ है सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि सरकार नई शिक्षा नीति में व्यक्त की गई प्रतिबद्वता के अनुरूप शोध और नवोन्मेष के लिए और अधिक धनराशि उपलब्ध करायेगी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शिक्षक दिवस के अवसर पर सभी गुरूजनों को नमन करते हुए बधाई एवं शुभकामनाएं दी है उन्होंने ट्वीटर पर अपने संदेश में कहा कि भारतीय संस्कृति में गुरू रिष्य का संबंध अद्भुत है अनुपम है गुरू भी गोविन्द तक पहुंचने का माध्यम है प्रदेश में शिक्षक दिवस पर विमिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया जौनप्र में पत्रकार संघ ने उत्कृष्ट कार्य करने वाले शिक्षकों को सम्मानित भी किया भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता मनीष शुक्ल ने मुख्य अतिथि के रूप में कार्यक्रम में भाग लिया राष्ट्रपति रामनाथ कोविन्द ने प्रदेश के तीन शिक्षकों उन्नाव से स्नेहिल पाण्डेय मैनपूरी से मोहम्मद इशरत अली और मुजफ्फरनगर से विकास कुमार को शिक्षा के क्षेत्र में शानदार कार्य करने के लिये राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया प्रदेश के इन तीन उत्कृष्ट शिक्षकों ने राष्ट्रीय पुरस्कार मिलने पर राष्ट्रपति प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के प्रति आभार व्यक्त किया है एक रिपोर्ट रिक्षक दिवस पर जिले के तीन रिक्षकों को सम्मानित होने का गौरव प्राप्त हुआ है मुजफ्फरनगर के कलेक्ट्रेट में वर्चअल कार्यक्रम के अंतर्गत मीरापुर के एसडी इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य डॉ विकास कुमार को राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया गया जैन कन्या इंटर कॉलेज नई मंडी की प्रधानाचार्या डॉ कंचन प्रभा शुक्ला और प्राथमिक विद्यालय भैसी की शिक्षिका रीना सिंह को राज्य शिक्षक पुरस्कार मिला है प्रदेश के कौशल विकास राज्य मंत्री कपिलदेव अग्रवाल ने तीनों शिक्षकों को सम्मानित किया कपिलदेव अग्रवाल ने कहा कि रिक्षक दिवस के मौके पर गुरूजनों को सम्मानित करना मेरे लिए गौरव का पल है राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त करने वाले डॉ विकास कुमार माध्यमिक शिक्षा में ऑन लाईन एजुकेशन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा चुके हैं वह कहते हैं कि बाइट निश्चित रूप से बहुत खुशी का माहौल है हमारे कॉलेज में बच्चों में रिक्षकों में अमिमावकों में घर परिवार में बहुत अच्छा लग रहा है

शिक्षा के क्षेत्र में समर्पणभाव से ईमानदारी के साथ काम करने वाले शिक्षकों के सम्मान से एक अच्छा संदेश जाएगा और शिक्षा को लेकर प्रतिस्पर्धा का माहौल बनेगा

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर में ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ की इक्यावनवीं पृण्य तिथि पर आयोजित श्रद्दांजलि सभा को सम्बोधित करते हुए कहा कि कोरोना का मतलब सब कुछ बंद करना नहीं है चुनौतियों से भागने से नहीं चुनौतियों के आगे चलने से सफलता मिलती है कोरोना कालखंड ने हमें नई सम्भावनाएं भी दी हैं तकनीक से आम आदमी के जीवन को आसान बनाया जा सकता है कम खर्च में ज्यादा से ज्यादा लोगों तक लाम पहुंचाया जा सकता है कोरोना संकट के बीच गरीबों तक अनाज और अन्य सुकियाए पहुंचाए जाने और खाते में सीधी मदद का उल्लेख करते हुये मुख्यमंत्री ने तकनीक के बढ़ते महत्व के बारे में विस्तार से बात की उन्होंने कोरोना संक्रमण काल में मानवता की सेवा के लिए सभी का आह्वान किया उन्होंने कहा कि कोरोना काल में कोविड नाइन्टीन हॉस्पिटल तो कोरोना का इलाज कर रहे हैं लेकिन नॉन कोविड अस्पतालों को भी लोगों को कोरोना से बचाने के उपाय करने चाहिए ये अस्पताल नएपन के साथ बड़ी भूमिका निभा सकते हैं उन्होंने शिक्षण संस्थाओं का आह्वान किया कि कोरोना का मतलब शिक्षण संस्थाओं को बंद करके बैठ जाना नहीं है वहां नियमित साफ सफाई होनी चाहिए प्रयोगशालाओं का रखरखाव और भवनों की मरम्मत की जानी चाहिए ताकि जब छह सात महीने बाद बच्चे आएं तो उन्हें अपना स्कूल कालेज बदला बदला सा लगे अस्सी नई विशेष पैसेंजर रेलगाडियां इस महीने की बारह तारीख से शुरू की जाएंगी रेलवे ने बताया कि नई गाडियों के लिए बृहस्पतिवार से आरक्षण करा सकते हैं ये रेलगाडियां देशभर में चल रही दो सौ तीस रेलगाडियों के अतिरिक्त होंगी रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष विनोद कुमार यादव ने बताया कि आरक्षण की मांग और प्रतीक्षा सूची पर रेलवे नजर रखे हुए है उन्होंने कहा कि अगर आवश्यकता पडती है तो और रेलगाडियां जल्दी ही शुरू की जाएगी परिक्षाओं और अन्य उद्देश्यों के लिए राज्य सरकारों के अनुरोघ पर और रेलगाडियां चलाई जाएंगी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोविड नाइन्टीन के संबंध में पूरी सतर्कता बरतते हुए विकास कार्यो को तेजी से संचालित करने के निर्देश दिये हैं उन्होंने चित्रकूट धाम मंडल के विकास कार्यो की समीक्षा के दौरान मंडल के सांसदों और विधायको से संवाद भी किया मुख्यमंत्री ने मंडल के सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिये हैं कि जनप्रतिनिधियों द्वारा दिये गये प्रस्तावों पर समयबद्व ढंग से कार्रवाई की जाये मुख्यमंत्री ने कहा है कि महोबा और हमीरपुर के जिला अस्पतालों को अपग्रेड किया जाये और खनन फंड से प्राप्त राशि का अस्पताल निर्माण में उपयोग किया जाये केन्द्र सरकार ने कहा है कि देश में कोविड नाइन्टीन के मरीजों के ठीक होने की दर सतहत्तर दशमलव दो तीन प्रतिशत हो गई है स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार इस समय भारत में मृत्युदर एक दशमलव सात तीन प्रतिशत है जो विश्व में सबसे कम है वहीं प्रदेश में पिछले छत्तीस घंटे में कोरोना संक्रमण के छः हजार छः सौ बान्नबे नये मामले सामने आये हैं जिससे राज्य में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर दो लाख उन्सठ हजार सात सौ पैंसठ हो गई है

एम एस यादव आकाशवाणी समाचार लखनऊ प्रदेश की इकहत्तर जेलों में एक लाख बारह हजार से अधिक कैदी हैं जो देश की सभी जेलों में बंद कैदियों की कुल संख्या का करीब पच्चीस प्रतिशत है फिर भी अब तक कोरोना वायरस से एक भी कैदी की मौत नहीं हुई है इन जेलों के दो प्रतिशत से कम कैदी और कर्मचारी अब तक कोविड से संक्रमित हुए हैं कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए अस्थायी जेलों के सुरक्षित क्षेत्र की एक अनूठी प्रणाली बनाई गई है